आवयक सेवाएं और जरूरी वस्तुओं की दुकाने खुली रहेंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से इसकी अपील की थी इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं चेले और कहीं कहीं सीमित तौर पर चले आवश्यक वस्तओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर समी बाजार और दुकाने बंद रहे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन मेँ नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय अपील में लोगों से आज जनता कर्फ्यू के दिन घरों से बाहर नहीं जाने को कहा था श्री मोदी की कोरोना वायरस से निपटने के लिए रविवार को घर पर रहने की अपील को जानी मानी हस्तियों ने भी अपना पुरजोर समर्थन दिया था

लोग आज सड़कों पर नहीं निकले बाजार बंद रहे आवश्यक सेवाओं से जुडे लोग जरूर अपनी सेवाएं देने पहचे पेटोल पंप राशन की चुनिंदा दकानें खुली रहीं आम जनता ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया राज्य के सभी जिलों में आज पूरे दिन सड़कें शांत रहीं देहरादून के व्यस्तम क्षेत्र घंटाघर के पलटन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी रहीं आमतौर पर शोरगुल से भरपूर बस अड्डा पूरी तरह शांत नजर आया लोगों ने जनता कर्फ्यू को पूरी तरह अपना समर्थन दिया हरिद्वार में भी बाजार से लेकर गंगा घाट तक शांति पसरी रही रेल बस सेवाएं आज स्थगित रहीं

इसकी वजह से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आ रही रेलगाडियों को सेनेटाइज किया गया सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की गई हरिद्वार में मेला अस्पताल को कोराना वायरस के मरीजों के लिए पूरी तरह आरक्षित कर लिया गया है

पर्यटन नगरी नैनीताल के बाजार आज बंद रहे नैनीझील में नावें थमी नजर आईं हल्द्वानी रामनगर में भी लोग घरों में रहे मोहल्लों से लेकर नेशनल हाईवे तक सब तरफ सन्नाटा रहा जनता कर्फ्यू के दौरान रामनगर नगर पालिका के कर्मचारियों ने पूरे शहर को सेनिटाइज किया ऊधमसिंहनगर में भी जनता कर्फ्यू का पूरा असर देखने को भिला इस दौरान पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही साथ ही सड़कों पर निकले इक्का दक्का लोगों को जागरुक भी किया गया टिहरी जिले के घनसाली में बाजार पूरी तरह बंद रहा और साफ सफाई के लिये छिड़काव किया गया पौड़ी जिले में जनता कर्फ़्यू के चलते सन्नांटा पसरा रहा चमोली जिले मे जिला मुख्यालय समेत तमाम क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा और गोपेश्वर में नगर पालिका द्वारा छिड़काव किया गया

सड़कों पर सन्नाटा रहा लोग प्रधानमंत्री की अपील पर अपने घरों में ही रहे उधर प्रधानमंत्री की अपील पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने घरों की छतों और बरामदों में खड़े होकर थालियां बजायी

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने आवास पर थाली बजायी जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी आवास के गेट पर थाली बाजायी कांग्रेस समेत विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यालय भी आज बन्द रहे

आज सबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाडियों को आगे की यात्रा पर जाने दिया जाएगा देश में आवश्यक वस्तुओं की आपर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा जारी रहेगी

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के अनुभवों और उसकी भयावहता को देखते हए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अतरप्रान्तीय परिवहन सेवा और राज्य के अन्दर सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिबन्धित किया गया है

मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि लोग अखबारों इलेक्ट्रोनिक मीडिया स्वास्थ्य विभाग एसडीआरएफ आदि द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों को ध्यान से पढने सनने के साथ साथ उनका पालन करें